पिछले दिनों एनडीए नेताओं की एक बैठक के दौरान श्री मोदी ने कहा कि यह गठबंधन देश की उम्मीदों और महत्वकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है यह क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम है और इसका लक्ष्य भारत की प्रगति है

राष्ट्रपति ने त्यागपत्र स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद से नई सरकार के गठन तक कार्य करते रहने को कहा है इससे पहले कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सोलहवीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई

अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक महान व्यक्ति और नेता हैं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि उन्हें श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों की जनता के बीच लंबे समय की मित्रता मजबूत करेंगे और विशेष तथा महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारी बढाएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेनो ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए दोनों पड़ोसी देशों के बीच मजबूत संबंधों का जिक्र किया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने श्री मोदी को चुनाव में मिली भारी जीत की बधाई दी है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने ट्वीट संदेश में भारत की जनता से मिले भारी समर्थन के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट में कहा है कि उन्हें दक्षिण एशिया में शांति प्रगति और समृद्धि के लिए श्री मोदी के साथ काम करने की उम्मीद है संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा दुबई के शासक शेख मुहम्मद बिन राशिद अल मख्त्म ने भी चुनाव में जीत पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी है इससे पहले आबूधाबी के शहजादे और संयुक्त अरब अमारात के सशस्त्र बलों के उप सुप्रीम कमांडर शेख मुहम्मद बिन जायद अल नहयान ने आम चुनाव में उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी

अधिसुचना में नव निर्वाचित लोकसभा के सदस्यों के नाम शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अधिसुचना की मंजूरी के बाद सत्रहवीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी नव निर्वाचित लोकसभा सदस्यों की सुची तैयार करने के लिए आज निर्वाचन आयोग की बैठक हो सकती है

इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष राहल गांधी यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कार्यसमिति के कई वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं इस बैठक में लोकसभा चुनावों में पार्टी की हार के कारणों पर विचार विमर्श किया जायेगा

यह परीक्षण पोखरण में सुखोई लड़ाकू जेट से किया गया रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में बताया कि इस मिशन के सभी उद्देश्य और लक्ष्य पूरी तरह सफल रहे यह बम विभिन्न प्रकार के हथियारों को लेकर काम करने में सक्षम है भारतीय वायुसेना द्वारा सुखोई जेट से सुपर सोनिक ब्रह्मोस क्रज मिसाइल के हवाई मॉडल के सफल परीक्षण के दो दिन बाद लेक्षित बम का सफल परीक्षण किया गया ढाई टन वजन की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल की मारक क्षमता लगभग तीन सौ किलोमीटर है

इस ईंधन में दस प्रतिशत स्वदेशी बायो जेट ईंधन का मिश्रण होगा

नया कानून वर्तमान आयकर अधिनियम का स्थान लेगा

आधिकारिक सुत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री अरूण जेटली ने प्रत्यक्ष कर कार्यदल के कार्यकाल की अवधि बढ़ाने की अनुमति दी है

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने सभी जिला रसद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने जिलों के उचित मूल्य दुकानदारों के बकाया कमीशन भुगतान की सूचना तीन दिन के भीतर विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करे

उन्होंने बताया कि जिला रसद अधिकारियों द्वारा बकाया कमीशन भगतान की सुचना प्राप्त होते ही एक जुन से पहले उचित मूल्य दुकानदारों को कमीशन का भुगतान किया जा सकेगा